कल से शुरू होगा रोजा

कहा दो गज की दूरी का मंत्र ग्रामीण भारत की ब्रुद्विमता को दर्शाता है

रमजान के पवित्र महीने का चांद आज बिहार समेत देश के कई हिस्सों में देखा गया

इसके साथ ही कल से रोजा शुरू हो जायेगा इस पूरे महीने मुस्लिम धर्मावलंबी रोजा नमाज तरावीह और कुरान की तिलावत की पाबंदी करेंगे रहमत और बरकतों के इस महीने के खत्म होने पर ईद उल फितर का त्योहार मनाया जायेगा राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पवित्र रमजान महीने के अवसर पर मुस्लिम भाई बहनों को हार्दिक बधाई और शुभकामना भी दी है मुख्यमंत्री ने कोरोना से उत्पन्न रिथिति को देखते हुये घर के अंदर ही इबादत करने का अनुरोध किया है दिल्ली जामा मस्जिद के शाही इमाम सैय्यद अहमद ब्रुखारी ने कहा है कि इस समय पूरी मानव जाति कोरोना वायरस की चुनौती का सामना कर रही है और लोगों को इसके खिलाफ संघर्ष में सरकार को सहयोग देना चाहिए उन्होंने कहा कि लोगों का एक जगह इकट्ठा होना उनके परिवार और समाज के लिए घातक हो सकता है बाईट कोरोना वायरस के हवाले से जो हिदायत मुसलसल आ रही हैं अगर हम इस पर पूरी तरह अमल करें तो इस वायरस को जल्द खत्म करने में हम कामयाब हो सकते हैं रमजान का मुबारक महीना शुरू होने वाला है और रमजान मुबारक के ताल्लुक से उलेमा की शरई राय मुल्क के सामने आ चुकी है कि पांचवक्ता नमाजें और तरावीह घरों में ही पढ़नी है और सोशल डिस्टेंशिंग बनाए रखना निहायत ही जरूरी है एक दूसरे से दूरी और दिगर हिदायत पर अमल करके हम अपने आपको अपने खानदान और समाज को इस मुहाल्लिक बीमारी से बचा सकते हैं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 उन्होंने कहा कि ग्रामीण भारत का मंत्र दो गज देह की दूरी बहुत उपयोगी साबित हो रहा है उन्होंने इसकी प्रशंसा करते हुए कहा कि यह लोगों को सुरक्षित दूरी बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है बाईट आप सभी ने दुनिया को बहुत सरल शब्दों में मंत्र दिया है न सोशल डिस्टेंसिंग का शब्द प्रयोग किया न लॉकडाउन के शब्द का प्रयोग किया बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग नहीं किया आपने सिम्पल सा मैसेज दे दिया दो गज दूरी का या कहे कि दो गज देह की दूरी का इस मंत्र के पालन पर गांवों ने बहुत अदभुत काम किया है दो गज दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखने से आप कोरोना वायरस को भी खुद से दूर रख रहे हैं किसी संभावित संक्रमण से खुद को बचा रहे हैं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 उन्होंने कहा कि हर ग्रामसभा ब्लॉक और जिले को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है

बिना आत्मनिर्मर बने ऐसे संकटों को झेल पाना भी मुश्किल हो जाएगा गांव अपने स्तर पर अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए आत्मनिर्भर बने जिला अपने स्तर पर राज्य अपने स्तर पर और इसी तरह हमारा ये पूरा हिन्दुस्तान कैसे आत्मनिर्भर बने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें कभी भी बाहर का मुंह नहीं देखना पड़े ये तय करने का ये सबक हमने सीखा है प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर एक एकीकृत ई ग्राम स्वराज पोर्टल और मोबाइल ऐप का श्रभारंभ किया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 इससे ग्राम पंचायतों को अपनी विकास योजनाएं बनाने और लागू करने में सहायता मिलेगी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

ई ग्राम स्वराज यानी सिम्पलीफाईड वर्क वेट अकाउंटिंग एप्लीकेशन फॉर पंचायती राज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

इसके तहत नवीनतम सर्वेक्षण पद्धतियों और ड्रोन का इस्तेमाल कर ग्रामीण आवासन भूमि का मानचित्रण किया जा सकता है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

उतना ही लोकतंत्र भी मजबूत होगा और उतना ही विकास का लाभ आखिरी छोर पर बैठा हुआ उस सामान्य व्यक्ति तक पहुंचेगा प्रधानमंत्री ने ग्रामीणों से अपील की कि वे आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से कहा कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनकी पंचायत का हर व्यक्ति इस ऐप को डाउनलोड करे

ये मोबाइल ऐप कोरोना से लड़ाई के लिए बहुत उपयोगी है ये ऐप आपके मोबाइल में रहेगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपके गांव में सामने वाला किसी ऐसे इलाके से तो नहीं आया जो कोरोना प्रभावित रहा हो आपकी खुद की सुरक्षा के लिए आपके गांव की सुरक्षा के लिए आपके आस पास वालों की सुरक्षा के लिए आप अगर ये आरोग्य सेतु ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करें पूरे गांव के पास करवाएं ये लंबे अरसे तक आपका बॉडीगार्ड का काम करेगा श्री मोदी ने जहानाबाद जिले के धरनई पंचायत के सरपंच के प्रयासों की सराहना की जिन्होंने अपने पंचायत में लॉकडाउन और सुरक्षित दूरी बनाये रखने को नियमों का पालन करवाने के लिए लोगों को जागरूक किया इस अवसर पर स्थानीय तौर पर आयोजित कार्यक्रम में औरंगाबाद जिले के कुटुंबा ग्राम पंचायत को बाल मित्र ग्राम पंचायत पुरस्कार तथा समस्तीपुर जिले के मोतीपुर राज पंचायत को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया प्रदेश में आज कोविड उन्नीस के सत्ताईस नये मामलों की पुष्टि के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़ कर एक सौ सतानवे हो गयी है आज जो नये मामले सामने आये हैं उनमें से सबसे अधिक इक्कीस मुंगेर से हैं नालंदा से तीन बक्सर से दो और बांका से एक मामले की पुष्टि हुई है स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि सभी पॉजिटिव मरीजों के निकट सम्पर्कों की तलाश की जा रही है श्री कुमार ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की दोगुनी होने की रफ्तार नौ दिनों से घटकर छह दिनों पर आ गयी है उन्होंने बताया कि प्रदेश के अठारह जिले संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं मुंगेर में सबसे अधिक बावन लोगों को कोविड उन्नीस से संक्रमित पाया गया है जबकि नालंदा में चौंतीस सीवान में तीस पटना में चौबीस बक्सर में दस बेगूसराय में नौ कैमूर में आठ रोहतास में सात गया और भागलपुर में पांच पांच गोपालगंज और नवादा में तीन तीन बांका में दो तथा लखीसराय भोजपुर सारण पूर्वी चम्पारण और वैशाली जिले में एक एक मरीजों को कोविड उन्नीस पॉजिटिव पाया गया है राज्य में अब तक पैंतालीस मरीज स्वस्थ हो चुके हैं जबकि दो की मृत्यु हुई है प्रधान सचिव ने बताया कि अभी तक राज्य में छत्तीस कन्टेनमेंट जोन बनाये गये हैं इनमें सात सौ अड़तीस मोहल्ले हैं घरों की संख्या दो लाख बयासी हजार चार सौ चौरानवे है इन क्षेत्रों में पन्द्रह लाख उन्नीस हजार से अधिक व्यक्ति अभी रह रहे हैं कन्टेनमेंट जोन से एक सौ बत्तीस मरीज पॉजिटिव पाये गये हैं इस बीच राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए घर से बाहर निकलने पर सभी के लिए फेस कवर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है उल्लंघन करने पर दंड और सजा का प्रावधान किया गया है देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर तेईस हजार चार सौ बावन हो गयी है वहीं इलाज के बाद चार हजार आठ सौ चौदह लोग स्वस्थ होकर अपने घरों को जा चुके हैं जबकि इस महामारी के कारण सात सौ तेईस लोगों की मृत्यु हुई है केन्द्र सरकार ने कहा है कि देश में कोरोना संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़ी है

इससे पहले राज्य के चार संवेदनशील जिलों नालंदा सीवान बेगूसराय और नवादा में ही लोगों की स्क्रीनिंग हो रही थी स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने कहा है कि दूसरे राज्यों से बिहार लौटे मजदूरों की एक बार फिर से स्क्रीनिंग करवाई जायेगी

गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव प्रण्य सलिला श्रीवास्तव ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि फैक्टरी मालिकों को केवल सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा गया है

खाद्य और उपभोक्ता विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने कहा कि ऐसे मामलों की निगरानी के लिए हर जिले में कंट्रोल रूम बनाया गया है

हवाई अड्डे के निदेशक दिलीप कुमार ने यह जानकारी दी प्रदेश में अब तक लॉकडाउन उल्लंघन के मामले में नौ करोड़ तीस लाख रूपये की राशि ज़ुर्माने के रूप में वसूली जा चुकी है पुलिस मुख्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार एक हजार तीन सौ चौंवन लोगों को गिरफ्तार किया गया है जबकि एक हजार चार सौ सतासी प्राथमिकियां दर्ज की गयी हैं चालीस हजार चार सौ सत्ताईस वाहन भी जब्त किये गये हैं

कल से शुरू होगा रोजा

कहा दो गज की दूरी का मंत्र ग्रामीण भारत की बुद्धिमता को दर्शाता है